लोगों से अफवाहों पर भरोसा नहीं करने को कहा कोविड नाइन्टीन के बारे में जानकारी के लिए व्हट्सअप के साथ मिलकर हेल्प डेस्क बनायी गयी श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए व्हट्सअप नम्बर नौ शुन्य एक तीन एक पांच एक पांच एक पांच के इस्तेमाल को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने दी जाएगी प्रदेश सरकार हाल ही में विदेश से आए लोगों की पहचान के लिए व्यापक अभियान चलाएगी ऐसे लोगों को अलग थलग रखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि कोविड नाइन्टीन से निपटने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना है कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के साथ वीडियों कॉन्फ्रंसिंग के जरिए बातचीत करते हए श्री मोदी ने कहा कि वायरस लोगों में कोई मेद नहीं करता और किसी में भी इसका संक्रमण हो सकता है उन्होंने कहा कि क्छ लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी होने के बावजूद वे चेतावनियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जितनी जल्दी हो सके अपनी गलतफेमी से बाहर निकले सच्चाई को समझे इस बीमारी में जो बातें सामने आयीं है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बीमारी किसी से भी भेदभाव नहीं करती ये सम्रद्व रेश पर भी कहर बरपाती है और गरीब के घर पर भी कहर बरपाती है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डॉक्टरों एयर लाइन कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं से उन्हें बहत तकलीफ हुई है क्योंकि यही लोग कोविड नाइन्टीन से संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर और नर्स जैसे चिकित्साकर्मी देवदूत के समान हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरों की खातिर अपना जीवन दांव पर लगाने वाले चिकित्साकर्मियों का सम्मान किया जाना चाहिए श्री मोदी ने संकट की इस घड़ी में गरीबों को हर तरह से मदद करने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें अगले इक्कीस दिनों में रोजाना कम से कम नौ गरीब परिवारों की मदद करने का संकल्प लेना चाहिए

मैं मानता हूं कि अगर इतना भी हम कर लें तो मां की इससे बड़ी आरषना क्या हो सकती है ये सच्चा और पक्का नवरात्र हो जाएगा इसके अलावा आपके आसपास जो प्रष्न हैं उनकी भी विंता करनी है तॉकडाउन की वजह से अनेक पष्नवॉं के सामने जानवरॉ के सामने भी भोजन का संकट आ गया है मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपास के पशुओं का भी ध्यान रखें श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने ह्वाट्सएप से सम्पर्क कर हेल्प डेस्क बनाई है ताकि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में भरोसेमंद सूचनाएं दी जा सकें कोरोना से संक्रमित दुनिया में एक लाख से अधिक लोग तीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से बाहर निकले हैं मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोना से जुड़ी सेही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सप के साथ मितकर एक हेल्प डेस्क भी बनायी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में काशी के लोग कोविड नाइन्टीन के खिलाफ इस महायुद्व का नेतृत्व कर सकते हैं और देशवासियों को धैर्य करुणा और शांति का सबक सिखा सकते हैं

महामारत के युद्ध के समय भगवान श्रीकृष्ण महारथी थे सारथी थे

संकट की इस घडी में कारी सबका मार्गदर्शन कर सकती है आज लॉकबाउन की परिस्थिति में काशी देश को सीखा सकती है संयम समन्वय और संवेदनशीलता

मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में कल नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम का अच्छा उपाय सोशल डिस्टेसिंग यानी एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखना है श्री जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग के इस नियम का पालन किया गया उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इक्कीस दिन का लॉकडाउन हमारे हमारे समाज के और हमारे देश के हित में है उन्होंने कहा कि देश भर में तालाबंदी लागू करने के प्रधानमंत्री के फैसले का सभी ने स्वागत किया है श्री जावड़ेकर ने लोगों से नियमित रूप से हाथ धोते रहने का भी आग्रह किया सूचना और प्रसारण मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को भी कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने दी जायेगी और प्रशासन सभी जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहंचायेगा श्री योगी ने पूर्णवंदी में सहयोग के लिए प्रदेशवासियों को धन्यवाद दिया है श्री योगी ने आपातकाल में जनसेवा के लिए चिकित्सकों स्वास्थ्यकर्मियों सफाईकर्मियों प्लिस प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भी प्रशंसा की अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने पूर्णबंदी को कोरोना महामारी से उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में जरूरी बताया श्री योगी ने कहा कि यह आपकी आपके परिवार की समाज की और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है कोविड नाइन्टीन की गंभीरता के बारे में आकाशवाणी के साथ बातचीत में डॉक्टर द्वारिका पाण्डे ने सामान्य सर्दी बुखार और कोविड नाइन्टीन के बीच अंतर के बारे में बताया उन्होंने कहा कि मरीज को यह बीमारी आम फ्लू की तरह लगती है इसमें बुखार सूखी खांसी और बदन दर्द हो सकता है मरीज को थकान महसूस होती है बीमारी आगे बढ़ने पर मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है उन्होंने कहा कि अगर किसी को ऐसे लक्षण जान पड़ें तो उसे स्वास्थ्य अधिकारियों से तुरन्त संपर्क करना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में विदेशों से आए लोगों की पहचान के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया है और दस हजार से अधिक ग्राम प्रधानों से ऐसे लोगों को अलग थलग रखना सुनिश्चित करने को कहा है इस बीच राज्य में कोविड नाइन्टीन के तीन नए मामले सामने आए हैं जिनमें से एक पीलीभीत और दो गौतमबुद्व नगर से हैं इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अड़तीस हो गई है इनमें से ग्यारह लोगों की हालत में सुधार हुआ है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है तथा बाकी सत्ताईस लोगों की स्थिति स्थिर है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामुहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है साबुन और पानी से बार वार हाथ धोने तथा खांसते र्छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है

प्रदेश सरकार के पूर्ण बंदी के दौरान लोगों के घरो तक आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद कई जिला प्रशासन ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है गोरखपुर में आज से जिला प्रशासन लोगों के घरो तक सब्जी दूध और अन्य जरूरी सामान पहुंचायेगा जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने अपील की है कि लोग घरो में ही रहे और बाहर न निकलें अलीगढ़ में भी जिला प्रशासन ने उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने के लिए निजी आपूर्तिकर्ताओं की सूची जारी की है